कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और उस पर शंका करना बेबुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है श्री तोमर ने कहा कि कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी अधिनियम राज्य से संबंधित है और सरकार का इरादा न तो राज्यों में मंडियों को प्रभावित करना है न ही वे कानून से प्रभावित हैं कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने किसानों से कहा है कि सरकार उनके सभी पहलुओं पर विचार करेगी उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने किसान यूनियनों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना संक्रमण की स्थिति और ठंड के मौसम की स्थिति में बुजुर्गों और बच्चों को घर वापस भेजें कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार किसानों के हित के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है धान खरीदी निर्देश प्रदेश के राजस्व विभाग की सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीकृत धान के रकबे और गिरदावरी में त्रटि होने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं निर्देश में कहा गया है कि गिरदावरी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो सुधार कार्य तत्काल कराया जाए साथ ही पंजीयन के दौरान धान के वास्तविक रकबे की ऐंट्री न होकर कम रकबे की एंट्री हो गई है तो रकबे में सुधार तत्काल करें निर्देश में कहा गया है कि विक्रय के लिए पंजीकृत धान के रकबे में संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर समुचित परीक्षण कर तहसीलदार द्वारा भूईयां पोर्टल में अपने लॉगिन आईडी में ही अनुमोदन पश्चात रकबे के संबंध में गिरदावरी संबंधी त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित ग्राम की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को भी दी जाए इस बीच राज्य में धान खरीदी में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है इसका दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार दो पांच चार पांच शून्य है इस नंबर पर धान खरीदी से संबंधित शिकायतों समस्याओं और सुझावों की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी यह नियंत्रण कक्ष रविवार और शासकीय अवकाश के दौरान भी कार्य करता रहेगा किसान आत्महत्या जांच दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कोंडागांव जिले में एक किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच के लिए एक दल गठित किया है यह जांच दल तीन दिनों में किसान की आत्महत्या के कारणों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगा गौरतलब है कि कोंडागांव जिले की तहसील बड़ेराजपुर के ग्राम मारंगपुरी में एक किसान ने सरकारी रिकॉर्ड में अपनी खेती जमीन का रकबा घट जाने से आहत होकर आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद जिला प्रशासन ने पटवारी को निलंबित कर दिया है वहीं तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को अब पटवारी या तहसीलदार के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पडेगी इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन की पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण किया है इसके तहत भुईया वेबसाइट में अपलोड दस्तावेज ही रजिस्ट्री के लिए मान्य होंगे गौरतलब है कि इससे पूर्व लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन नक्शा खसरा और बी वन में पटवारी के हस्ताक्षर तथा सील लगवाना पड़ता था

इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरूद्व संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है पिछले नौ दिन से नये संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है अब तक इंक्यानवे लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के करीब सोलह सौ प्रकरण सामने आए राज्य में कोरोना पॉजीटिव मरीजों का आंकड़ा दो लाख छियालीस हजार को पार कर गया है अब तक प्रदेश में करीब दो लाख चौबीस हजार लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं वहीं करीब तीन हजार लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है वहीं रायगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की पांच सौ चवालीस ग्राम पंचायतें कोरोना संक्रमण से अछूती हैं इन ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है जबकि इनमें से कई गांव शहरी सीमा से लगे हुए हैं बताया जाता है कि कोरोना संक्रमण से मुक्त इन गांवों के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं साथ ही खेती बाड़ी और अन्य कार्यो के दौरान भी ये लोग मास्क लगाना नहीं भूलते स्वास्थ्य विभाग अब इन गांवों की सफलता की कहानी का प्रचार प्रसार कर अन्य गांवों को भी कोरोना से बचने के लिए प्रेरित कर रहा है वहीं जिला पंचायत इन गांवों के जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने और सम्मान देने की कार्ययोजना बना रहा है इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार कथाकार डॉक्टर परदेशी राम वर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत पंद्रह वर्ष से अधिक उम्र के निरीक्षरों को साक्षर बनाकर शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जाना है डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि कलेक्टर चिन्हांकित ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के वार्डो में सर्वप्रथम अभियान को लागू करें प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी चौदह से उन्नीस दिसंबर के बीच एक साथ चयनित ग्राम पंचायत और वार्ड में निरीक्षरों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं इसके लिए सहयोगी दलों का गठन स्वयंसेवी शिक्षकों का चिन्हांकन मोहल्ला साक्षरता केन्द्र के लिए स्थल का चिन्हांकन और वातावरण निर्माण के लिए नारा लेखन कार्य की तैयारी करने को भी कहा है गौरतलब है कि पढ़ना लिखना अभियान के तहत प्रदेश के लगभग एक तिहाई निरीक्षरों को आगामी पांच वर्षों में साक्षर किया जाएगा

इस अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता और न्याय पर आधारित समाज और शासन व्यवस्था के लिए प्रयास किए श्री कोविंद ने कहा कि देश की कानून व्यवस्था वित्त और समग्र विकास की रूपरेखा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित रही है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज चेन्नई में राजभवन में एक सादे समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इधर प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चो द्वारा रायपुर स्थित एकात्म परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सांसद सुनील सोनी भाजपा विधायक और पदाधिकारी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे

इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना झण्डा दिवस कोष में उदारतापूर्वक दान करने की अपील की है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि यह दिवस अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले जवानों के बलिदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान तथा श्रद्धा प्रकट करने का अवसर देता है वहीं मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना के उन सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके त्याग समर्पण और बलिदान की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के उन महान सेनानियों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और उसमें अपना योगदान जोड़ने की पावन भावना का भी प्रतीक है माओवादी समाचार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने पांच माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान गादीरास इलाके में घेराबंदी कर पांच माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इधर दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना अंतर्गत हिरोली गांव की दो महिलाएं माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल में फंसकर घायल हो गईं पुलिस की मदद से इन दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है राउत नाच महोत्सव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बिलासपुर में तिरालीसवें राउत नाच महोत्सव का शुभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गाय और चरवाहों की दशा को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने गौठान में चारा पानी की व्यवस्था करने के अलावा गोबर खरीदने की भी शुरूआत की है श्री बघेल ने कहा कि इसके जरिये राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा इस दौरान मुख्यमंत्री ने महोत्सव में भाग लेने वाले प्रत्येक नर्तक दल को पांच पांच हजार रूपये देने और पशु औषधालय निर्माण की घोषणा भी की वर्चुअल मैराथन छत्तीसगढ़ में पहली बार तेरह दिसंबर को वर्चअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा इस दौड़ में शामिल होने के लिए बीते चार दिसंबर से पंजीयन का कार्य शुरू हुआ है अब तक उन्नीस हजार से अधिक प्रतिभागी ऑनलाइन पंजीयन करा चुके हैं राज्य में प्रत्येक जिले में पहले तीन सौ से पांच सौ तक पंजीयन कराने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा गौरतलब है कि मैराथन के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समूह में एकत्रित नहीं होंगे प्रतिभागी घर पार्क मैदान सड़क या किसी अन्य सुरिक्षत स्थान पर सोशल डिस्टिंसिंग का पालन कर दौड़ते हुए अपनी बीस से तीस सेकेंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर तेरह दिसंबर को सुबह छह से ग्यारह बजे तक अपलोड कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन दस दिसंबर तक खेल और युवा कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है अंजोर प्रचार रथ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए गरियाबंद जिले में अंजोर रथ अभियान की शुरूआत की गई है इसके माध्यम से पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों के हर छोटे बड़े गांवों हाट बाजार और गली मोहल्लों तक पहंचकर स्थानीय निवासियों को जागरूक करेगी इधर राजनादगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा का प्रचार प्रसार करने के लिए फसल बीमा रथ को रवाना किया गया है यह रथ पंद्रह दिसंबर तक जिले के सभी गांवों में जाकर योजना का प्रचार प्रसार करेंगे हाईकोर्ट नोटिस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निकोलस खलखो मामले में प्रदेश के गृह सचिव पुलिस महानिदेशक और बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को नोटिस जारी किया है मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ निकोलस खलखो द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की गई है जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अवमाननाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव पुलिस महानिदेशक और बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं भाजपा छग प्रभारी प्रवास भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी तथा प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन कल सात दिसंबर से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे इस दौरान दोनों पदाधिकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ बैठक करेंगे इसके बाद प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भाजपा के सभी मोर्चा पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों कोर ग्रप सांसद विधायक और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे इन दोनों पदाधिकारियों द्वारा राजधानी रायपुर में पत्रकारवार्ता भी ली जाएगी

यह कक्षाएं कल सात दिसंबर से शुरू होंगी इसके लिए पंजीयन आज से शुरू हो गया है राजनांदगांव जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए दस अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा के लिए पंद्रह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की राजनांदगांव जिले में मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार योजना के तहत शिक्षित युवाओं से स्वयं का रोजगार और व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसके तहत दो लाख रूपये से लेकर पच्चीस लाख रूपये तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है महासमुंद जिले की बागबाहरा पुलिस ने पिथौरा चौक पर एक वाहन से ढाई लाख रूपये कीमत का पच्चीस किलो गांजा बरामद किया है